हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेन्द्र सिंह हडडा द्वारा रखा गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है

अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तत करते हये श्री हडडा ने कहा कि सरकार बेराज़गारों को राज़गार देने और किसानों की आय बढ़ाने में विफल रही है कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने अविश्वास प्रस्ताव पर बाज़ते हये सतल़ज यमुना लिंक नहर का मुद्दा उठाया विश्वास प्रस्ताव पर सदन में हंगामा भी हआ हरियाणा लाक़हित पार्टी के एक मात्र विधायक ग्रापाल कांडा ने सरकार का ख़्लकर समर्थन किया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र माद्री तथा मुख्यमंत्री मनाहर लाल की जमकर तारीफ की अंत में मुख्यमंत्री ने अविश्वास प्रस्ताव लाने पर कांग्रेस काँ घेरा और कहा कि कांग्रेस और कांग्रेस के लाग तथ सेना दवारा पाकिस्तान के खिलाफ की गई कार्रवाईयों पर भी अविश्वास करते है इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने मतदान करवाने का कहा जिसमें सरकार विश्वास जीतने में सफल रही हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल ने कहा है कि उनकी सरकार की साघ कभी टकराव की नहीं रही लेकिन विपक्ष के नेता टकराव की स्थिति पैदा करने के लिए किसानों का भ्रमित कर रहे हैं फसलों की रिकॉर्ड खरीद उनकी सरकार ने की है श्री कंवरपाल आज सदन में कांग्रेस दवारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बाल रहे थे उन्होंने कहा कि विपक्ष का उद्देश्य किसानों का हित करना नहीं बल्कि टकराव की स्थिति पैदा करता है

श्री कंवरपाल ने आंकड़े प्रस्तुत करते हए कहा कि राज्य सरकार ने धान और गेहं फसलों की खरीद पूर्व की सरकारों के मुकाबले बहत अधिक की है

उन्होंने कांग्रेस के सदस्यों से पूछा कि वे बताएं कि कृषि कानूनों में काला क्या है इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि लाल किले पर हड़दंग मचाने वाले उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की गई तथ कांग्रेस ने उन अपराधियों कथ बचाने के लिए वकीलों की फौज खड़ी कर दी

हरियाणा के कृषि मंत्री श्री जे पी दलाल ने कहा है कि कृषि विभाग की याजना के अन्सार राज्य में किसानों की एक लाख एकड़ भूमि का सेम की समस्या से निजात दिलाई जाएगी ताकि किसान अपनी भूमि पर आसानी से फसलों की बिजाई कर सकें उन्होंने कहा कि बराद्रा हलके के गांव घाइवाल बनवास काहला रि ाना धनाना कथ्रा छपरा के खेतों में सेम की समस्या कई सालों से चली आ रही थी जिसके कारण इस जमीन पर किसान बिजाई नहीं करवा पा रहे थे सेम की समस्या वाले गांवों में सरकार ने स्वतः संजान लेते हए माप्टरें लगाकर पानी की निकासी की है

कृषि मंत्री आज विधान सभा में विधायक श्री इंद्राज दवारा इस संबंध में पृछे गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दृष्यंत चौटाला ने कहा कि जहां जहां से उपमंडल या तहसील कार्यालय के भवन एवं वहां कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग आएगी वहां वहां सभी औपचारिकताएं पूरी हामे पर मंजूरी देकर कार्य शुरू करवा दिया जाएगा

उपमुख्यमंत्री आज हरियाणा विधानसभा में कुछ सदस्यों दवारा अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रशासकीय भवनों के निर्माण बारे किए गए सवाल का जवाब दे रहे थे उपम्ख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि उपमंडल या तहसील कार्यालय के भवनों का निर्माण जल्द से जल्द पूरा हप उन्होंने लाडवा समालखा घरोंडा इसराना व मतलाष्टा समेत अन्य क्षेत्र के विधानसभा सदस्यों दवारा पूछे गए प्रश्नों के उतर में स्पष्ट किया कि जिस क्षेत्र से उक्त प्रशासकीय या कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों के निर्माण की मांग आएगी सरकार उस मांग का ई भूमि पार्टल पर अपलाष्ठ कर देगी अगर किसी क्षेत्र में संबंधित विधायक ग्राम पंचायत नगरपालिका या काई अन्य भूमि जल्द उपलब्ध करवा दें त उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित की गई समिति की सकारात्मक रिपार्ट आते ही कार्य श्रू कर दिया जाएगा फरीदाबाद के छांयसा में बनाए जा रहे श्री अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में दाखिले इसी वर्ष से श्रू होंगे

इसके अतिरिक्त करनाल के क्टैल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय खाला जा रहा है